जाति आधारित जनगणना का किया समर्थन

और राज्य में कड़ाके की ठंड के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त

बिहार विधानमंडल ने एक दिन के विशेष सत्र में आज संविधान संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस का अनुमोदन कर दिया है इस एक सौ छब्बीसवें संविधान संशोधन विधेयक में अगले दस वर्षों के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचति जाति और जनजाति के लोगों को दस साल के लिए आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव है लोकसभा और राज्यसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है इस विधेयक के प्रभावी होने के लिए देश की आधे से अधिक विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन आवश्यक है विधानसभा में चर्चा में भाग लेते हुये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एससी एसटी समुदाय के लोगों की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह आरक्षण जरूरी है उन्होंने विधेयक का समर्थन करने के लिए सभी दलों के सदस्यों को धन्यवाद दिया वहीं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि दलित समुदाय के विकास के लिए आरक्षण अनिवार्य है विपक्षी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी विधेयक का समर्थन किया इधर विधान परिषद में संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने विधेयक से संबंधित प्रस्ताव सदन पटल पर रखा जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि बिहार में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी लागू नहीं होगा

श्री कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी जाति आधारित जनगणना कराए जाने की पक्षधर है उन्होंने कहा कि यदि सदन में इस पर चर्चा हुई तो बिहार की भावना से केंद्र को अवगत कराया जाएगा

वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत अंजानपीर चौक के पास एक कूरियर कम्पनी के कार्यालय से अपराधियों ने लगभग तेरह लाख रूपये लूट लिये दूसरी तरफ जिले के हाजीपुर के जदुआ स्थित एक पेट्रोलपंप से अपराधियों ने ढाई लाख रूपये लूट लिये वहीं जिले के मानपुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा से अपराधियों ने दो लाख रूपये लूट लिये एक अन्य घटना में जिले के बेलसर पुलिस चौकी क्षेत्र के पतेढ़ा जयराम गांव के पास अपराधियों ने एक ऑनलाईन शॉपिंग कम्पनी के एजेंट से चौदह हजार रूपये नकद और एक लाख रूपये से अधिक मूल्य के सामान लूट लिये इधर पूर्वी चम्पारण जिले में रामगढ़वा बाजार में अपराधियों ने बैंक में पैसा जमा करने जा रहे एक किराना द्रकान के कर्मचारी से आठ लाख रुपये लूट लिए राजधानी पटना के कुम्हरार में अपराधियों ने एक निजी कम्पनी के कर्मी को गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया और पांच लाख रूपये लूट लिये प्रदेश में कड़ाके की ठंड के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है सर्द पछुआ हवा के चलते राज्य के अधिकतर हिस्सों में ठंड का प्रकोप बना हुआ है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों तक ठंड से राहत के आसार नहीं हैं राजधानी पटना समेत राज्य के कई हिस्से कोल्ड डे की चपेट में हैं आज छह डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा पटना का न्यूनतम तापमान आठ दशमलव दो भागलपुर और पूर्णियां का नौ नौ तथा मुजफ्फरपुर का नौ दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम विभाग के प्रर्वानुमान के अनुसार अगले दो से तीन दिनों में देश के पश्चिमी भाग में बारिश होने की सम्भावना है जिसका असर बिहार पर भी पड़ेगा वहीं राज्य के कई हिस्सों में अगले दो दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा बिहार होमगार्ड के पूलिस महानिदेशक राकेश कुमार मिश्रा ने कहा है कि होमगार्ड जवानों की बहाली अब प्रखंड स्तर पर होगी भागलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में महानिदेशक ने कहा कि गांव स्तर पर सेक्शन पंचायत स्तर पर प्लाटून तथा प्रखंड स्तर पर कम्पनी बनायी जायेगी हिन्दी साहित्य के वरिष्ठ आलोचक और वामपंथी विचारक खगेन्द्र ठाक़्र का आज पटना एम्स में निधन हो गया

उनके निधन पर साहित्य जगत से जुड़े लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है उनकी प्रमुख रचनाओं में मार्क्सवाद विकल्प की प्रक्रिया और देह धरे का दंड शामिल है खगेन्द्र ठाकुर भाकपा के मुखपत्र जनशक्ति से भी जुड़े हुये थे इधर जाने माने शिक्षाविद् और मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति वीरेन्द्र नाथ पांडेय का आज पटना के एक अस्पताल में निधन हो गया वे पूर्वी चम्पारण जिले के बलुआटाल के रहने वाले थे प्रदेश में बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य जांच से जुड़े अधिकारियों की अब जीपीएस ट्रैकिंग होगी समेकित बाल विकास परियोजना निदेशालय के कार्यपालक निदेशक आलोक कुमार ने बताया कि इस व्यवस्था से कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आयेगी साथ ही यह पता करना आसान हो जायेगा कि अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में उपस्थित हैं या नहीं भाजपा द्वारा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में नागरिकता संशोधन कानून सीएए के समर्थन में सघन जनसम्पर्क अभियान चलाया गया दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाक्र ने धनश्यामपूर प्रखंड में घर घर जाकर लोगों को इस कानून के प्रावधानों के विषय में जानकारियां दी पटना के आयकर गोलम्बर पर सीएए के समर्थन में मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ इस कानून के समर्थन में कल गया में एक जन सभा को संबोधित करेंगे यह कार्यक्रम शहर के गांधी मैदान में आयोजित होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाईट से विद्यालय के प्रधान यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा बीस से बाईस जनवरी जबकि सैद्धांतिक परीक्षा सत्रह से चौबीस फरवरी के बीच होनी है शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड के सरवरप्र गांव में भीषण अग्निकांड में पच्चीस घर जलने के साथ ही लाखों रूपये मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हो गयी वहीं पश्चिम चम्पारण जिले के बगहा थाना क्षेत्र में अगलगी की घटना में तीन घर जलकर नष्ट हो गये बांका जिले के बेलहर थाना क्षेत्र में रत्तोचक गांव के पास अपराधियों ने वार्ड सदस्य के पति की गोली मारकर हत्या कर दी सीतामढ़ी जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक पिकअप वैन से लगभग साढ़े चार हजार बोतल शराब जब्त की है वहीं शेखपुरा से पुलिस ने चार तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है मौके से एक कार और ऑटो रिक्शा भी जब्त किया गया दूसरी तरफ शिवहर जिले की पुलिस ने अभियान चलाकर चार शराब तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र अन्तर्गत अग्रहण गांव में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है मैके से पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार कर बड़ी संख्या में निर्मित और अर्द्वनिर्मित हथियार बरामद किये हैं शेखपुरा की जिलाधिकारी ने काम में लापरवाही बरतने के आरोप में बारह से अधिक अधिकारियों के वेतन निकासी पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है अररिया सदर अस्पताल में परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया

जाति आधारित जनगणना का किया समर्थन

और राज्य में कड़ाके की ठंड के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त